इसके निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है पहले चरण के परीक्षणों में इस टीके के उपयोग के कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम देखने को नहीं मिले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने बताया है कि टीके को दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है कोवैक्सनी उन तीन टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है

राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष आज पूरे हो रहे हैं

कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यो के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे उधर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दो वर्ष अत्यन्त निराशाजनक और विकास विरोधी रहे हैं

इससे पहले कल नामांकनों की जांच की गयी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझ कर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है

प्रदेश में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में और गिरावट से सर्दी ने जोर पकड़ लिया है माउंट आबू में पारा एक बार फिर जमाव बिन्दु से नीचे पहुंच गया है हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि वहां न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया